बैंक से एक लाख रूपये से अधिक के लेनदेन का आयकर रिटर्न में देना होगा हिसाब

महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गयी है कल देर रात नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच हुई वार्ता के बाद सीटों को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो गया है कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आज सीटों के बंटवारे को लेकर पटना में अंतिम घोषणा की जायेगी इसके बाद प्रत्याशियों के नामों की अलग से घोषणा होगी सूत्रों के अनुसार राजद बीस कांग्रेस नौ रालोसपा चार हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तीन और शरद यादव के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक जनता दल तथा मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी दो दो सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल रात नई दिल्ली में दूसरी बार बैठक हुई इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में बिहार की सत्रह सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का चयन कर लिया गया है सम्भावना है कि आज पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी वहीं कांग्रेस ने नौ उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी कर दी है पार्टी अब तक एक सौ छियालीस उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है आयकर विभाग लोकसभा चूनाव में धन बल के प्रयोग पर अंक्श लगाने के लिए उम्मीदवारों के आश्रितों के बैंक खातों पर भी नजर रखेगा विभागीय अधिकारियों को उम्मीदवारों के आश्रितों के बैंक खातों से एक लाख रूपये से अधिक के हरेक लेनदेन का हिसाब रखने का निर्देश दिया गया है एक लाख रूपये से अधिक के लेनदेन का आयकर रिटर्न में हिसाब देना होगा विभाग ने कहा है कि उम्मीदवार अपने प्रचार वाहन में जरूरत से अधिक नकद राशि लेकर नहीं चल सकते हैं वहीं आम लोग सामान्य रूप से बैंकों से पैसे का लेनदेन कर सकते हैं यदि दस लाख रूपये से अधिक की राशि विमान से लेकर जानी हो तो उसका पूरा हिसाब रखना होगा लोकसभा चूनाव के कारण जेईई एडवांस क्लैट और सीएसआईआर समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली जेईई एडवांस की उन्नीस मई को होने वाली परीक्षा अब सत्ताईस मई को होगी वहीं क्लैट का आयोजन अब बारह मई की जगह छब्बीस मई को होगा दूसरी तरफ कॉउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट परीक्षा का आयोजन सोलह जून को होगा लोकसभा चूनाव को देखते हये प्रदेश के जिलों में पचपन कम्पनी अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है संवेदनशील स्थानों पर अर्द्वसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं वहीं नाकेबंदी से लेकर छापेमारी तक में बल के जवानों की तैनाती की गयी है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि होली पर राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी आयोग ने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों पर आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज किया जायेगा भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आज शाम तक आचार संहिता जारी करेगी निर्वाचन आयोग ने चुनावों से पहले सोशल मीडिया के उपयोग पर कल नई दिल्ली में इन संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोशल मीडिया संगठनों से चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता की तर्ज पर एक आचार संहिता तैयार करने को कहा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है लोकपाल संस्था में चार न्यायिक और चार अन्य सदस्य होंगे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा कुमारी तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है एसएसबी की पहली महिला पूर्व महानिदेशक अर्चना रामसुंदरम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी महेन्द्र सिंह और पूर्व आईएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम अन्य सदस्य होंगे आज होलिका दहन है होली का त्योहार कल मनाया जायेगा लोकसभा चुनाव के कारण इस बार होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि सभी लोग इस पावन पर्व को खुशी और उमंग के साथ मनायें ताकि देश और समाज में सुख शांति रहे मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होली का यह पवित्र त्योहार लोगों के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आयेगा होली पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुये रेलवे ने पटना से आनंद विहार और कोटा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है दोनों होली स्पेशल ट्रेन चौबीस मार्च को पटना से खुलेगी और वापसी में पच्चीस मार्च को पटना के लिए रवाना होगी जीएसटी कॉउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की मंजूरी दे दी है इससे एक अप्रैल से मकान खरीदना सस्ता हो जायेगा कॉउंसिल ने पिछले दिनों किफायती दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर घटा कर एक प्रतिशत कर दिया था अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर पांच प्रतिशत कर दी गयी थी मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे आठ अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है जहानाबाद जिले के टेहटा पुलिस चौकी क्षेत्र अन्तर्गत बंसराज बीघा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर तीन अपराधियों को एक कारबाईन और चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा जिले में बरबीघा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एफसीआई के एक अधिकारी को शराब के साथ गिरफ्तार किया अररिया से एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी की खबर है सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बैजनपट्टी गांव के पास अपराधियों ने एक दंत चिकित्सक की गोलीमार कर हत्या कर दी सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के धर्मपुर जाफर हाता महादलित बस्ती में अगलगी की घटना में सौ से अधिक घर जलकर नष्ट हो गये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है कांग्रेस और राजद सहयोगी दलों के साथ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार पटना में आज हो सकता है ऐलान प्रभात खबर की सुर्खी है डैमेज कंट्रोल को आगे आये राहुल सीटों पर हुई सहमति अखबार की एक अन्य खबर है जदयू कार्यकर्ताओं से मिले मुख्यमंत्री प्रत्याशियों के बारे में लिया फीडबैक दैनिक भास्कर लिखता है बिहार भाजपा के सभी सत्रह प्रत्याशियों के नाम पर लगी मुहर आज हो सकती है औपचारिक घोषणा राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है एक अप्रैल से घर खरीदना होगा सस्ता आज की सुर्खी है देश को मिला पहला लोकपाल और अब अंत में मुख्य समाचार महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनी

बैंक से एक लाख रूपये से अधिक के लेनदेन का आयकर रिटर्न में देना होगा हिसाब